राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पर्व पर देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टवीट संदेश में लोगों से उन जवानों के सम्मान में दीया जलाने की अपील की है जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं इस बीच राज्यपाल बडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई व अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है उन्होंने उम्मीद जताई के ये पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में ख्शहाली और समृद्धि लेकर आएगा मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व आपसी स्नेह भाईचारे की भावना को और मजबूत करेगा प्रमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा ने विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक प्रभारी व सहप्रभारी नियुक्त किए हैं इसके तहत अविनाश राय खन्ना को हिमाचल का नया प्रभारी बनाया गया है वहीं संजय टंडन को सहप्रभारी का दायित्व सौंपा गया है पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले अविनाश राय राज्य सभा से लेकर लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं भाजपा के दिल्ली कार्यालय से कल शाम प्रदेश प्रभारी की तैनाती की है

मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई

पंजाब केसरी और दैनिक जागरण के लगभग एक जैसे शब्द हैं कोविड मरीजों के लिए बैड की संख्या बढ़ाने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से खबर दी है प्रद्षण पटाखा रहित दिवाली मनाएं इसी पत्र की एक अन्य खबर है मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती में दिव्यांगों को मिलेंगे तीन नंबर जेपी नडडा का हिमाचल दौरा स्थगित हिमाचल दस्तक और दिव्य हिमाचल की एक खबर है

अमर उजाला ने एक खबर दी है स्कूलों कालेजों में फेयरवेल और लंच रिटायरमेंट पार्टियों पर रोक